न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किये जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष सभी उपयुक्त दस्तावेज रखे गये थे न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल में हुई प्रताड़ना के आधार पर दया याचिका को चुनौती नहीं दी जा सकती मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी थी हार के इस बीच एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव याचिका दायर की

हालांकि मतदान के शुरु में कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक मशीनों में खराबी की शिकायत आई लेकिन शीघ्र ही ईवीएम बदलकर मतदान सुचारु कर दिया गया

राज्य निर्वाचन आयोग ने भयमुक्त और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए है

ॅभ्ट ने चीन को इस वायरस संकमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है भारत और अमरीका सहित दुनिया के सभी देश चीन के हबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहे हैं हुबेई प्रॉत की राजधानी वुहान में भारत के ढाई सौ से अधिक नागरिक है जिसमें अधिकतम शोध छात्र और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों में काम करने वाले लोग है इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्वन ने लोगों से कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर तत्काल राष्ट्रीय हैल्पलाईन पर सम्पर्क करने को कहा है

इस बीच जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्टे नेगेटिव आई है पूर्णे की एनआरबी लैब में भेजे गए मरीज के खून के नमूने में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है सरकार के इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी साथ ही विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढेंगी और भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक और समकक्ष संवर्ग के कार्मिक उच्च अध्ययन और किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियुक्त अधिकारी से मंजूरी ले सकेंगे